आज भागलपुर पूर्णिया पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमूई और गया में चुनावी सभा को संबोधित कर बिहार में प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे इस दौरान जदयू अध्यक्ष और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तथा लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान सहित एनडीए के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे जमुई से लोजपा संसदीय दल के अध्यक्ष और निवर्तमान सांसद चिराग पासवान एनडीए उम्मीदवार हैं जबकि गया से इस बार जदयू के विजय मांझी चुनावी मैदान में हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला रोचक होने के आसार हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यहां ग्यारह अप्रैल को मतदान होगा हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट जमुई संवाददाता भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां मौजूदा सांसद चिराग पासवान को फिर से उतारा है वहीं पहले जमुई के प्रतिनिधित्व कर चुके भूदेव चौधरी महागठबंधन की ओर से रालोसपा के टिकट पर उनके सामने हैं दोनों ही एक एक बार क्षेत्र का प्रतिनिदित्व करने का अनुभव है बसपा प्रत्यासी उपेन्द्र दास इसे त्रिकोणीय बनाने का जी तोड़ कोशिश कर रहे है चुनावी मुकाबले में कुल नौ प्रत्याशी रह गये हैं

जबकि तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जदयू प्रत्याशी के रुप में तीसरे स्थान पर रहे थे आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से पंकज कुमार चुनाव आयोग ने कहा है कि विरोधी दलों के कार्यक्रम में बाधा डालने वाले राजीनतिककार्यकर्ताओं और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी आयोग ने अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके समर्थक दूसरे दलों के कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेंगे ऐसा होने पर संबंधित अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारी कुमार रवि ने इस संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्थानीय थानाध्यक्ष के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर चुनावी सभा जुलूस निकालने की अनुमति दें लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये आज अधिसूचना जारी होगी इस चरण में प्रदेश के पांच संसदीय क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर में उनतीस अप्रैल को मतदान होना है अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जायेगा नामांकन की अंतिम तिथि नौ अप्रैल निर्धारित है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि बारह अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं लोक सभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिये प्रदेश भाजपा ने दल के स्टार प्रचारकों को बिहार बुलाने की तैयारी की है पार्टी की सूची मे वरिष्ठ नेता और मंत्री राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज स्मृति ईरानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्व ने दल के नेताओं की अलग अलग टोली बनाकर मतदाताओं से संपर्क करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेताओं से समन्वय स्थापित कर वोटरों से व्यक्तिगत संपर्क किया जायेगा

पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुये बताया कि किसी भी दागदार छवि के नेता को टिकट नहीं दिया जायेगा जदयू ने अन्य राज्यों में पांच लोक सभा सीटों पर अपने दम पर प्रत्याशी खड़े किये हैं तीन बार के विधायक रहे नालंदा के सतीश कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है इस बार चूनाव में वैशाली जिले में एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिलाधिकारी राजीव रौशन ने एक ऐसा एप बनवाया है जो मतदाताओं चुनावी कर्मियों और जांच अधिकारियों को अपने बूथ तक पहुंचने का रास्ता दिखायेगा बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हुयी बारिश और तेज पुरवा हवा चलने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है राजधानी पटना का अधिकतम तापमान लगभग छह डिग्री सेल्सियस कम होकर तैंतीस दशमलव चार डिग्री दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान भी दो डिग्री कम होकर इक्कीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान में कमी दर्ज की गयी है इस बीच मौसम विभाग ने अगले छत्तीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज आंधी की संभावना जतायी है भागलपुर पूर्णिया पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत कई स्थानों पर आज धूल भरी हवा चलने और आंशिक बारिश का अनुमान है इस बीच नेपाल के बारा जिले में रविवार देर शाम आई तेज आंधी में मृतकों की संख्या चालीस हो गयी है

इस हादसे में लगभग एक हजार से अधिक लोग घायल हुये हैं लोक सभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सघन तलाशी के दौरान दो करोड अडतालीस लाख रुपये से अधिक की धनराशि पकडी गयी है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य की पुलिस और अन्य धावा दलों ने राज्य में पौने दो करोड रुपये से अधिक की राशि जब्त की है वही आयकर विभाग केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एसएसबी आरपीएफ और सीआईएसएफ ने तलाशी और जांच के क्रम में इकहत्तर लाख से अधिक की धनराशि जब्त की है कटिहार से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस चार अप्रैल को नहीं चलेगी वहीं पांच अप्रैल को वापसी में भी यह ट्रेन रद्द कर दी गयी है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में बुनियादी ढांचा को बेहतर करने का काम किया जा रहा है इस कारण हमसफर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गयी है पटना हाईकोर्ट ने दो हजार ग्यारह में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को राहत देते हुये गलत प्रश्नों के बदले अंक देने का निर्देश दिया है न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश जारी किया है अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गलत प्रश्नों के लिये अभ्यर्थी जिम्मेदार नहीं है पटना से गोवाहाटी इंदौर और पुणे के लिये सीधी उड़ाने फिलहाल बंद हो गयी है अब सैंतीस जोड़ी विमान ही पटना से आ जा सकेंगे तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में पांच रूपये की वृद्धि की है भुवनेश्वर में खेली जा रही अंडर टवेंटी थ्री महिला वन डे क्रिकेट में बिहार ने मणिपुर को आठ विकेट से हरा दिया बिहार की यह छठी जीत है राजनगर मधुबनी में खेले गये हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट मुकाबले में मुजफ्फरपुर ने दरभंगा को एक विकेट से पराजित कर दिया आज बेगूसराय और मधुबनी की टीमों के बीच मुकाबला होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है जमुई और गया में पीएम की आज चुनावी सभायें दैनिक जागरण ने लालू परिवार में छिड़े घमासान को सुर्खी बनाते हुये शीर्षक दिया है तेजप्रताप की बगावत राजद के खिलाफ उतारे चार उम्मीदवार दैनिक भास्कर की सुर्खी है तेजप्रताप ने बनाया लालू राबड़ी मोर्चा पांच प्रत्याशी घोषित ससुर के खिलाफ खुद लडेंगे प्रभात खबर ने लिखा है नेपाल में आंधी से चालीस मरे मरने वालों में पांच बिहार के

आज भागलपुर पूर्णिया पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी